वरिष्ठ भाजपा नेता व केन्द्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा बीते पांच सालों में देश का समग्र विकास हुआ सुनिश्चित कांग्रेस के स्टार प्रचारक राज बब्बर ने केन्द्र सरकार पर झूठे वायदे कर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा केन्द्र व हिमाचल की डबल इंजन सरकार विकास के लिए कर रही है बेहतरीन काम

ऐसे में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है और भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य दलों के स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना ज़िले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाक्र के पक्ष में वोट मांगे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में भाजपा एक बार फिर से विजयी होगी जयराम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र की वर्तमान सरकार ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया और आतंकियों के प्रति नरम रूख अपनाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर एक अनुभवी नेता हैं और वे जनता की आवाज़ को संसद में प्रभावशाली ढंग से उठाते रहे हैं जयराम इस बीच मुख्यमंत्री ने शिमला से जारी एक बयान में कहा है कि प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का जो स्नेह मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि प्रदेश में भाजपा चारों सीटें भारी बहुमत से जीत रही है जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रहित के लिए कार्य कर रहे हैं और देश उनके नेतृत्व में सुरक्षित है

नड़डा आज बिलासपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस पर रोज़गार के मुददे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया जगत प्रकाश नड़डा ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और कोई भी अर्थव्यवस्था बिना रोज़गार के विकसित नहीं हो सकती ऐसे में ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की रोज़गार को लेकर जानकारी बहुत ही सीमित है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दुष्प्रचार के बावजूद आम आदमी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ खड़ा है और लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम की सुनामी चल रही है नड्डा ने इस मौके पर केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक भी किया और कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक बनाया है

भाजपा प्रचार भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि पार्टी के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है हमीरपुर व सुजानपुर विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर आज जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं धूमल ने कहा कि केन्द्र सरकार न केवल सैनिकों के शौर्य का सम्मान करती है बल्कि उनकी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखती है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि हिमाचल की जनता केन्द्र व प्रदेश दोनों जगह ईमानदार सरकार चाहती है एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जागरूक जनता एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के पक्ष में है महानाटी मतदान प्रतिशतता बढ़ाने व लोगों को मतदान करने का संदेश देने के लिए मनाली में आज मेगा नाटी का आयोजन किया गया

उन्होंने कहा कि महिलाएं पूरी निष्ठा के साथ सौंपे गए दायित्व का निर्वहन करती है इसलिए मेगा नाटियों को प्रभावी संदेश का माध्यम बनाया गया उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए स्वीप की टीमें भी कड़ी मेहनत कर रही हैं कांग्रेस प्रचार प्रदेश कांग्रेस की ज़िला स्तरीय चुनावी रैली आज शिमला ज़िले के ठियोग में हुई वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आनंद शर्मा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और कांग्रेस नेता व स्टार प्रचारक राजबब्बर ने जनसभा को संबोधित किया कांग्रेस नेता राजबब्बर ने शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी धनीरम शांडिल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री पर झठे वायदे कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया उन्होंने पुलवामा हमले पर केन्द्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में देश की सीमा के भीतर पहुंचे विस्फोटक को लेकर सरकार ने अब तक किसी के भी शामिल होने का जिक तक नहीं किया और न ही किसी पर कार्रवाई की गई इस दौरान प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्या स्टोक्स और शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे

इससे पहले कांग्रेस ने सुंदरनगर में भी पार्टी प्रत्याशी आश्रय शर्मा के पक्ष में एक चुनावी जनसभा आयोजित की इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा किन्हीं कारणों से सुंदरनगर में आयोजित चुनावी जनसभा में नहीं पहुंच पाई श्याम जाजू भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने कहा है कि केन्द्र व हिमाचल की डबल इंजन की सरकार विकास को आगे ले जाने के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है

श्याम जाजू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलेगा और पार्टी हिमाचल की चारों सीटों पर भी जीत दर्ज करेगी

उच्च न्यायालय प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज न्यायालय की नई वैबसाईट का शुभारंभ किया ये वैबसाईट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है इसकी विशेषता यह है कि डिजिटल डिस्पले बोर्ड पर प्रदेश के ज़िला और उपमंडल स्तर के न्यायालयों के मामलों की सुनवाई के बारे में पूरा ब्यौरा देखा जा सकेगा इस साईट को कम्पयूटर के अलावा किसी भी स्मार्ट फोन पर देखा जा सकता है इसे एनआईसी और न्यायालय के तकनीकी कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से तैयार किया है हिमाचल उच्च न्यायालय इस तरह की सुविधा मुहैया करवाने वाला देश का पहला न्यायालय बन गया है सुरक्षा प्रबंध जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के साथ लगती जम्मू कश्मीर की सीमाओं को लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पूरी तरह सील कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक राजेश धर्माणी ने बताया है कि जिले में अर्धसैनिक बलों की छः टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं जो पेट्रोलिंग व नाकाबंदी कर सीमाओं की कड़ी सुरक्षा कर रही हैं